सीएसआईआर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में ये संयंत्र स्थापित किया गया है बायोफ्यूल से सफलतापूर्वक एयरक्राफ्ट उड़ाने के बाद आईआईपी ने अब प्लास्टिक से डीजल और पेट्रोल का उत्पादन करने की दिशा में कदम बढ़ाया है

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया प्लास्टिक फ्री बनने की कोशिशों में जुटी है ऐसे में यह संयंत्र आईआईपी के वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि एनजीओ की मदद से प्लास्टिक कचरे को इकट्टा किया जाएगा जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा उन्होंने कहा कि कई वर्षो के शोध के बाद आईआईपी अब प्लास्टिक से बड़े पैमाने पर डीजल और पेट्रोल का उत्पादन करने जा रहा है इससे देश में पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी और देश का कचरा साफ होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी

इसके लिए देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में एक केन्द्र स्थापित किया जायेगा आज नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत भूमि के बंजर होने की स्थिति की रोकथाम के बारे में संयुक्त राष्ट्र समझौते से संबद्व पक्षों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा

इसमें करीब सौ देशों के मंत्री भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस महासम्मेलन में शामिल होंगे उन्होंने कहा कि चीन के बाद इस वर्ष भारत दो वर्ष के लिए इस संगठन का मेजबान और अध्यक्ष रहेगा पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सम्मेलन में भूमि क्षरण कटाव और उसके बंजर होने की स्थिति से निपटने के बारे में विचार किया जायेगा स्लग उदघाटन पौड़ी पौड़ी गढ़वाल के रांई गांव में संरक्षित सब्जी उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को पॉलीहाउस में सब्जी उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो एक अभिनव पहल है इस मौके पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि यह तकनीकि निश्चित रूप से क्रषकों की आय में वृद्धि करने में सहायक साबित होगी और जब गांव में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी तो पलायन भी रुकेगा प्रशिक्षण के दौरान ग्रामीणों को कम क्षेत्रफल में भी अधिक उत्पादन करने की जानकारी दी जाएगी

उन्होंने देहरादून में प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की समीक्षा की मुख्य सचिव ने अधिकारियों को अपने अपने जिलों के उन क्षेत्रों को चिह्नित करने के निर्देश दिये जहां लिंगानुपात में असामनता अधिक है और उन इलाकों के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने को कहा मुख्य सचिव ने विभिन्न जनपदों द्वारा लिंगानुपात में असमानता को दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की

उन्होंने कहा कि कुम्भ मेला को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सभी सम्बन्धित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने की जरूरत है मुख्य सचिव ने गृह विभाग को टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत मुनि की रेती में सीसीटीवी कंट्रोल रूम थाना भवन वॉच टॉवर और ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण कार्य को शुरू करने के निर्देश भी दिए स्लग रेडियो सम्मेलन सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने कहा है कि देश के हर जिले में कम से कम एक सामुदायिक रेडियो होना चाहिए जिस पर स्थानीय लोग अपने समुदाय से संबंधित सामाजिक और विकास के मुद्दों पर जागरूक हो सकें वे नई दिल्ली में सातवें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे अमित खरे ने कहा कि सामुदायिक रेडियो द्वारा दी जाने वाली सेवायें स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और इनसे ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है इस तीन दिवसीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है देश भर से आये सामुदायिक रेडियो के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं ये लोग सतत् विकास के लक्ष्यों पर बेहतर जागरूकता के लिए बनाये जाने वाले कार्यक्रमों की संभावनाओं और अपने अनुभवों को साझा करेंगे इस सम्मेलन में सरकार की योजनाओं जैसे जलशक्ति अभियान और आपदा के खतरों को कम करने के प्रयासों पर भी चर्चा की जायेगी इस वर्ष सम्मेलन का विषय है सतत् विकास लक्ष्यों के लिए सामुदायिक रेडियो स्लग समीक्षा बैठक नैनीताल महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि सैनेट्री नैपकिन के स्थान पर कपड़ों के उपयोग को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा नैनीताल में विभिन्न विभागों की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिले में शत प्रतिशत सैनेट्री नैपकिन का प्रयोग किए जाने को बढ़ावा देने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि अगर जिले में सैनेट्री नेपकिन की आवश्यकता है तो निदेशालय से तत्काल डिमाण्ड करना सुनिश्चित करें महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिले में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना गौरा नन्दा योजना और पोषण आहार योजना की प्रगति की प्रशंसा की उन्होंने बताया कि गौरा नन्दा योजना के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है राज्य मंत्री ने पश्पालन और मत्स्य विभाग की भी समीक्षा की

इसके लिए नोडल और सह नोडल प्रभारियों की तैनाती की गई है अधिकारियों को जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बेहतर समन्वय और ईमानदारी से दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिये हैं